राज्य में नियोजित शिक्षकों की अठहत्तर दिनों से चली आ रही हड़ताल समाप्त

प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर पांच सौ अट्ठाईस हो गयी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान ग्यारह नये मामले आये हैं समस्तीपुर में एक संक्रमित मिलने के साथ ही राज्य के बत्तीस जिले कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गये हैं वहीं मध्रबनी में पांच और बेगूसराय तथा कैमूर में दो दो नये मामले मिले है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि मधुबनी जिले के झंझारपुर में जांच के दौरान तीन महिलाओं और दो पुरूष के संक्रमित होने की पुष्टि की गयी है उन्होंने बताया कि सभी मरीजों के बारे में आवश्यक जानकारियां जुटायी जा रही है इधर दस कोरोना संक्रमित मरीजों को कोरोना मुक्त होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी है अभी तक प्रदेश के एक सौ उनतीस लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं इधर कोरोना संक्रमण को लेकर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक बुलायी गयी है ये बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से होगी देश में कोविड उन्नीस से संक्रमित लोगों की संख्या छियालीस हजार चार सौ तैंतीस हो गई है बारह हजार सात सौ सत्ताईस लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं जबकि एक हजार पांच सौ अड़सठ रोगियों की इस महामारी से मौत हुई है देश में कोविड महामारी से संक्रमित लोगों के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों का अनुपात साढ़े सत्ताईस प्रतिशत से अधिक है

स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी बताया कि अब हमें कुछ नई आदतें अपनानी होंगी जिनमें सार्वजनिक स्थल पर मास्क लगाना और शरीर को ढक कर रखना अनिवार्य होगा और संक्रमण वाले इलाकों के बाहर भी एहतियाती कदम उठाने होंगे उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में चरणबद्ध तरीके से ढील दी जा रही है लेकिन संक्रमण मुक्ति के उपायों का पूरी तरह पालन करना होगा उपचार प्रबंधन को कुशल बनाना होगा और संक्रमण निवारण तथा नियंत्रण को जारी रखना होगा अधिकारी के अनुसार यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि सुरक्षित दूरी का पालन न करने से प्रतिबंधों में ढील देने पर तेजी से संक्रमण की आशंका बढ़ जाती है ऐसी स्थिति से बचने के लिए जरूरी है कि लोग अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझें और दिशा निर्देशों का पालन करें अधिकारी ने कहा कि लॉकडाउन और संक्रमण रोकने के लिए किए गए अन्य प्रयासों के परिणाम सकारात्मक रहे हैं लेकिन अब अगली चुनौती यह है कि संक्रमण की दर दोगुनी होने की अवधि को बढाया जा सके कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले और दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में आने वाले प्रवासी श्रमिकों तथा छात्रों के मद्देनजर सख्ती जारी रहेगी अपर गृह सचिव आमिर सुबहानी ने स्पष्ट किया है बिहार में सड़क मार्ग से प्रवेश करने वाले को जिलाधिकारी से पास लेना होगा जिलाधिकारी गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार पास निर्गत करेंगे जिसमें चार पाहिया वाहन में एक ड्राईवर के अलावा दो लोग ही सफर कर सकते हैं

ाजस्थान के कोटा में फंसे छात्र को लेकर स्पेशल ट्रेन आज पटना के दानापुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी इस ट्रेन में एक हजार एक सौ पचास छात्र छात्राएं शामिल हैं यह ट्रेन आज दोपहर ढाई बजे दानापुर स्टेशन पहुचेंगी जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि इन छात्रों की स्क्रीनिंग रेलवे स्टेशन पर ही होगी उसक बाद उन्हें अलग अलग रूट के लिए बसों के माध्यम से भेजा जायेगा जिलाधिकारी ने बताया कि किसी भी अभिभावक को स्टेशन परिसर में आने की अनुमति नहीं दी गयी है इधर आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि कर्नाटक और केरल से नौ ट्रेन बिहार पहुंचेगी उन्होंने कहा कि आज से पंजाब और हरियाणा से भी बिहार के लिए ट्रेनें खुलने की संभावना है इस संदर्भ में दोनों राज्यों से बातचीत हुई है विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बाहर से आ रहे लोगों के लिए अब तक दो हजार चार सौ पचास क्वारेंटाईन केन्द्र बनाये गये हैं इन कैम्पों में अभी आठ हजार नौ सौ अड़सठ लोग रह रहे हैं

वहीं वैसे कर्मी जो सरकारी कार्य से भ्रमण पर हो और लॉक डाउन के कारण कार्यालय नहीं आ पा रहे हों उन्हें भी इस अवधि का भुगतान किया जायेगा कोविड उन्नीस महामारी से निपटने के लिए गठित अधिकार प्राप्त छठे समूह के अध्यक्ष अमिताभ कांत ने बताया कि कोरोना से मुकाबले के लिए उनका समूह सामाजिक संगठनों गैर सरकारी संगठनों उद्योग जगत और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहा है उन्होंने कहा कि समूह ने बानवे हजार से ज्यादा गैर सरकारी संगठनों और सामाजिक संगठनों से अपील की है कि वे हॉटस्पॉट की पहचान करने में राज्यों जिलों तथा प्रवासी कामगारों और अन्य जरूरतमंदों की मदद करें श्री कांत ने यह भी कहा कि आरोग्य सेतु ऐप में टेलीमेडिसिन की सुविधा जोड़ी गई है

और अमी शॉर्टली इसका फीचर फोन ऐप भी निकलेगा लॉकडाउन के दौरान केन्द्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के अंतर्गत और अन्य सहायता का लाभ लोगों को मिल रहा है

सभी यात्रियों के स्वास्थ्य की जांच जंक्शन पर की गयी नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में गठिया रोग निदान विभाग की प्रमुख डॉक्टर उमा कुमार ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने के मानकों का पालन करने तथा हाथों की स्वच्छता और खांसते वक्त मुंह ढककर सावधानी बरतने की सलाह दी है

जिसके बारे में हमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता

राज्य में नियोजित और माध्यमिक शिक्षकों की अटठहत्तर दिनों से चली आ रही हड़ताल समाप्त हो गयी है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन और बिहार राज्य शिक्षक संघ संघर्ष समिति के साथ बातचीत में यह निर्णय लिया गया दोनों पक्षों के बीच बनी सहमति के अनुसार हड़ताल अवधि में शिक्षकों पर सरकार द्वारा की गयी अनुशासनिक कार्रवाई तोड़ फोड़ और हिंसा को छोड़कर नियोजित शिक्षकों का वेतन जारी किया जायेगा काल वैशाखी के प्रभाव और चक्रवाती सिस्टम के कारण राज्य के कई हिस्सों में तेज हवा और गरज के साथ झमाझम बारिश हो रही है उधर अरवल और मुजफ्फरपुर सहित कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश होने के कारण गेहूं और आम की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है हमारे संवाददाताओं ने बताया कि पश्चिम चंपारण दरभंगा सीतामढ़ी पूर्णिया मे तेज आंधी के साथ वर्षा हुई शेखपुरा से हमारे संवाददाता ने बताया कि तेज आंधी से कई स्थानों पर पेड़ गिर गये हैं जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में राज्य के औरंगाबाद जिला निवासी संतोष कुमार मिश्र सहित केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के तीन जवान शहीद हो गये आज दोपहर बाद शहीद संतोष जवान पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव गोह थाना क्षेत्र अंतर्गत देवहरा पहुंचेगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मैट्रिक की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य कल से शुरू करेगा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि लॉक डाउन के कारण मूल्याकंन का काम तीन मई तक स्थगित था उन्होंने कहा कि मूल्याकंन के दौरान सशोल डिस्टेंसिंग समेत कोरोना संबंधी सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया जायेगा उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि स्कूल बंद रहने के बावजूद नामांकित एक करोड़ उनतीस लाख बच्चों के बैंक खाते में मध्याह भोजन योजना की राशि भेज दी गयी है इस योजना के अंतर्गत बच्चों के खातें में तीन सौ अठहत्तर करोड़ सत्तर लाख की राशि भेजी गयी है प्रदेश के सभी बालू घाटों पर आज से बालू का खनन शुरू हो जायेगा खान और भूतत्व विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बालू खनन को लेकर सामाजिक दूरी से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने इस वर्ष के लिए सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा स्थगित कर दी है आयोग बीस मई को परीक्षा की नई तिथि की घोषणा करेगा सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा इकतीस मई को आयोजित की जानी थी अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान का शीर्षक है चार लाख शिक्षकों की अठहत्तर दिन पुरानी हड़ताल खत्म प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है नीतीश का एलान बाहर से आने वाले छात्रों और मजदूरों को नहीं देना होगा रेल किराया दैनिक जागरण का शीर्षक है हंदवाड़ा में बिहार का जवान शहीद दैनिक भास्कर की सुर्खी है लॉक डाउन में दफ्तर नहीं आये तो भी पूरा वेतन दैनिक आज की सुर्खी है समस्तीपुर बना बत्तीसवां संक्रमित जिला और अब अंत में मुख्य समाचार प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर पांच सौ अट्ठाईस हुई

राज्य में नियोजित शिक्षकों की अठहत्तर दिनों से चली आ रही हड़ताल समाप्त